राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सत्त पाल सती ने बताया कि इन योजनाओं में ऊना का आईटीआई हॉस्पीटेलिटी ट्रेड भवन विजलैंस कार्यालय व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवन सहित विभिन्न योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं अनुराग ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र को जम्मू कश्मीर में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी हमीरपुर जिला भाजपा ने इस नियुक्ति पर अनुराग ठाकुर को बधाई दी है ज़िला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के निकाय चुनावों में पार्टी भारी जीत दर्ज करेगी प्रेस दिवस आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है कोरोना संकट के चलते इस वर्ष ये आयोजन वर्चुअल माध्यम से ही किया जाएगा

भारतीय प्रेस परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार मीडिया कर्मी वैबिनार के माध्यम से जुड़कर ही निर्धारित विषय पर चर्चा करेंगे भाई दूज वहीं भाई दूज का पर्व आज देश सहित प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है इस दिन बहने भाई को टीका लगाकर उनकी लम्बी आयु की कामना करती हैं वहीं भाई शगुन के रूप में उपहार भेंट करता है इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं

मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल रात से बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में वर्षा का दौर रूक रूक कर जारी है जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के दारचा व कोकसर और किन्नौर के छितकुल रकछम और कल्पा में ताजा बर्फबारी हुई है जिससे इलाके में शीतलहर बढ़ गई है

वहीं पर्यटन नगरी मनाली में भी इस सीजन का पहला हिमपात दर्ज किया गया है कांगड़ा चम्बा सिरमौर व राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में भी कल रात से वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है

अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है तीन माह बाद सूबे में बारिश बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग बंद पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में ऊंची चोटियों पर हिमपात व बारिश शुरू दैनिक जागरण के अनुसार चोटियों पर बर्फबारी मैदानों में राहत की बारिश

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है शादियों में फिर सीमित होगी लोगों की संख्या जिलाधीश व वरिष्ठ चिकित्सकों से मंत्रणा में मुख्यमंत्री ने नई एसओपीजारी करने के दिए आदेश

हिमाचल में बैडमिंटन अकादमी खोलेंगी साईना नेहवाल राज्यपाल से जताई बैडमिंटन अकादमी खोलने की इच्छा हिमाचल दस्तक की एक ख़बर है